संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे लिये गर्व की बात है कि इस कार्यकम का आयोजन भारत में हो रहा है ये सम्मान भारत की जनता की पर्यावरण की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्धता का परिणाम है उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को विश्व आज स्वीकार कर रहा है कार्यकम में श्री मोदी ने देश में पर्यावरण संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट संकारात्मक और प्रभावशाली कार्यों के लिए दिया जाता है

उन्होंने आज उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें एक समारोह में शपथ दिलाई

न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा का स्थान लिया है जो प्रधान न्यायाधीश के पद से कल सेवानिवृत हो गए

वे सीकर और बीकानेर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमो में भाग लेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सैनी ने पत्रकारों को बताया कि श्री शाह कल सीकर में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करेंगे वे सीकर झुझुनू और चूरू जिलों के शक्ति केन्द्रों के कार्यकर्ताओं को मी संबोधित करेंगे इसके बाद बीकानेर में भाजपा के एस सी मोर्चा के कार्यकर्ताओं और संभाग के शक्ति केन्द्रों के कार्यकर्ताओं से उनका रूबरू होने का कार्यक म है

इसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत होंगे समिति में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा जल ससांधन मंत्री डॉ रामप्रताप और परिवहन मंत्री यूनुस खान शामिल है गौरतलब है कि ग्रेड पे रिवीजन और वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल कर रहे है

इसके लिये ऑनलाईन पंजीकरण आज से शुरू कर दिया गया है सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केन्द्रों पर की गई है

इससे पहले कल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्राम और वार्ड सभाएं हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने बताया कि इस दौरान पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़ने के साथ ही दोहरी सॅदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने की कार्रवाई की गई

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् कल प्रदेश में मोबाइल डेंटल वैन सेवा का एक साल पूरा हो गया है

अभ्यर्थी इन्हें आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं